मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपूर में आयोजित एक समारोह में इस अभियान का शुभारम्भ करते हुए कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान को अव्वल बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और इस अभियान को सफल बनाने के लिए जनता की भागीदारी भी आवश्यक है

इससे पहले आज सुबह जयपुर के वाल्मिकी नगर में मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले जनता क्लिनिक का भी शुभारम्भ किया जनता क्लिनिक के माध्यम से लोगों को अपने नजदीकी क्षेत्र में ही सामान्य बीमारियों के लिए चिकित्सा सुविधा मिल पायेगी

आरोपियों की संजा पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है

इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने अगले चार साल तक बिजली के दाम नहीं बढाने का वायदा किया और हर ग्राम प्रचायंत में पशु चिकित्सा केंद्र खोले जाने की घोषणा की दूसरी ओर भाजपा ने कल राज्य सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया आरोप पत्र जारी करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में विफल रही है

कल एक निजी टेलीविजन चैनल से भेंट वार्ता में उन्होंने कहा कि इस कानून को वापस लेने की कोई संभावना नहीं है श्री अमित शाह ने कहा कि देश के किसी भी नागरिक के साथ कोई अन्याय नहीं होगा

याचिका में आरोपी ने अपनी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की प्रार्थना की है

बैठक में राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए कर ढांचे की समीक्षा किए जाने की संभावना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता करेंगी

आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने उनके दो और साथियों को भी गिरफ्तार किया है

राज्य के कई स्थानों पर आज सुबह से ही कोहरा छाये रहने से यातायात पर असर पड रहा है मौसम विभाग ने जयपुर भीलवाडा अलवर सीकर झुंझुन् बारां बूंदी झालावाड कोटा चित्तौडगढ करौली और धौलपुर जिलों में ठण्ड का असर ज्यादा रहने की संभावना जताई है